पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री डोटासरा ने कहा कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और जरूरत पड़ने पर सदन में बहुमत सिद्ध किया जायेगा दूसरी ओर भाजपा विधायक दल की कल शाम बैठक होगी इससे पहले आज पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा और वर्चस्व की लड़ाई से जनता को नुकसान हो रहा है श्री शर्मा ने कहा कि सरकार केवल सत्ता को बचाने पर ध्यान दे रही है ओर ऐसी स्थिति में राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए

चिकित्सा और स्वास्थ्य मॅत्री डॉ रघ् शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस इलाज में खर्च होने वाली राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा

उन्होने कहा कि आरयूएचएस अस्पताल में भी मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा

उधर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है

राज्य सरकार ने भी नए दिशा निर्देशों संबंधी आदेश जारी कर दिए है ये आदेश अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से जयपुर पहुंचने वाले यात्रियों पर ही लागू होगें

इस संक्रमण से मृत्यु दर दो प्रतिशत से कम हो गई है

उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित किया इस अवसर पर उन्होंने समय से पहले इस परियोजना के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है

उन्होंने मनुष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है जिसमें न सिर्फ पशुओं से प्रेम किया जाता है बल्कि उनकी हत्या करने को अशुभ माना जाता है जावडेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की उपलब्धता बढाने की पहल की है

इसमें जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारियों ने शिरकत की इस सप्ताह के तहत झुन्झुनू के बीबाणी धाम में सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम रखा गया और तालाब की साफ सफाई की गई श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर के सरकारी असप्ताल में भी सफाई अभियान चलाया गया इसमें उपखंड अधिकारी तहसीलदार नगरपालिका के कर्मचारियों और स्काउट गाइड के साथ गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया दौसा टोंक और उदयपुर में भी सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम हए

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज कारागार विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई श्री सिंह ने सभी कारागृहों में मोबाइल सिमकार्ड और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की रोकथाम के लिए सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए है

भरतपुर राजधानी जयपुर अलवर टोंक समेत कई जिलों में आज अच्छी वर्षा के समाचार मिले है पिछले दो ॅदिन में हुई वर्षा से बीसलपुर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है